इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाईट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट न्यूजऑनएयर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन एयर मोबाईल एप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा

योजना में पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना की सफल क्रियान्विति और व्यापक प्रचार प्रसार करने के दिशा निर्देश दिए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ साथ संविदाकर्मियों लघ् एवं सीमांत कृषकों को भी योजना में चिकित्सा सुविधा का लाभ निःशुल्क मिल पाएगा

इनमें सदाचारपूर्वक अपनी अधिकांश सजा भुगत चुके या गंभीर बीमारियों से ग्रसित और वृद्ध बंदी शामिल है

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्व और बीमार कैदियों को इसलिए रिहा किया जा रहा है ताकि वे कोविड संक्रमण के खतरे से बच सके

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सॉफ्टवेयर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मददगार साबित होगा

तीन जिलों दौसा धौलपुर और जैसलमेर में संकमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

इस बीच विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है झालावाड़ में कल बस स्टैण्ड पर यात्रियों और आम नागरिकों को मास्क वितरण किया गया पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से कोरोना से बचाव की अपील की पुलिस जवानों ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया वहीं बिना मास्क पाए गए लोगों के चालान भी काटे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

शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉ डीपी जारौली ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बोर्ड जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका देगा

विभिन्न स्थानों पर आज शाम होलिका दहन के कार्यक्रम होगें राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को होली और ध्रलण्डी की शुभकामनायें दी हैं

वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को भीड़ से बचने और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाईडलाइन की पालना करते हये होली का त्यौहार मनाने की अपील की है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शब ए बारात की मुबारकबाद देते हुए अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक रूप से इकट्ठा होने से परहेज करें सोशल डिस्टेंसिंग रखें और घर में रहकर इबादत करें

यह मैच दिन में डेढ़ बजे से शुरू होगा